नई दिल्ली में कल आर्थिक पैकेज के बारे में दूसरे संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि इन कदमों से प्रवासी मजदूरों फेरी लगाने वालों जनजातीय लोगों छोटे व्यापारियों और छोटे किसानों तथा स्व रोजगार में लगे लोगों को फायदा होगा प्रधानमंत्री ने मंगलवार को राष्ट्र को संबोधित करते हए इस पैकेज की घोषणा की थी और देशवासियों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आह्वान करते हए वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था आर्थिक पैकेज का जिक्र करते हुए वित्त राज्य मंत्री ने कोविड नाइन्टीन महामारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए सरकार की ओर से तत्काल उठाये गये कदमों का भी जिक्र किया उन्होंने कहा कि तीन करोड छोटे किसानों को चार लाख करोड रुपये के कर्ज पर व्याज के भुगतान में इकत्तीस मई तक की मोहलत दी गयी है रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों और फेरी लगाकर बिक्री करने वालों के लिए पांच हजार करोड़ रुपये की ऋण सुविया की घोषणा की गई है श्री ठाक्र ने कहा कि इससे रेहड़ी पटरी वाले पचास लाख व्यापारियों को दस दस हजार रुपये की कार्यशील पूंजी दी जाएगी जनजातीय लोगों के लिए वक्षारोपण कार्यक्रम के जरिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है सरकार ने उन प्रवासी मजदूरों को पांच किलोग्राम गेह या चावल और एक किलोग्राम चना प्रति व्यक्ति देने की घोषणा की जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वित्त मंत्री ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे प्रवासी मजदूर देश में किसी भी स्थान पर राशन ले सकेंगे

प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए सरकार ने किफायती किराया आवास योजना की भी घोषणा की सरकार और निजी संस्थाओं को आवास क्षेत्र में किफायती किराया आवास विकसित करने के लिए सत्तर हजार करोड रुपए दिए जाएंगे इससे रोजगार के साथ साथ इस्पात सीमेंट परिवहन और निर्माण संबंधी अन्य सामग्री की मांग पैदा होगी उपभोक्ता मामले खाद्यान और सार्वजनिक वितरण मामलों के केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि आत्मनिर्मर भारत अभियान के अंतर्गत राज्यों के प्रवासी मजद्रों को अतिरिक्त खाद्यान उपलब्ध कराने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने सभी व्यवस्था कर ली है वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कल घोषणा की थी कि सभी राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को दो महीने के लिए पांच किलो अनाज और एक किलो चना प्रति व्यक्ति उपलब्ध कराएंगे मई जून महीने के लिए मुफ्त खाद्यान की व्यवस्था कर ली गई है

राज्य सरकार अगले दो महीने तक आने वाले लाखों प्रवासी श्रमिकों को भोजन के पैकेट भी निःशुल्क उपलब्ध कराएगी श्री योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए इसके लिए हर गांव और शहरों के हर वॉर्ड में अभियान चला कर उन व्यक्तियों की पहचान की जाएगी जिन्हें अब तक किसी भी किस्म के राशन की स्विधा नहीं मिली है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि फेक न्यूज यानी फर्जी समाचारों पर रोक लगाने से प्रेस की स्वतंत्रता पर कोई आंच नहीं आएगी कई दैनिक समाचार पत्रों में आज छपे लेख में श्री जावड़ेकर ने कहा है कि अफवाहे बड़ी तेजी से फैलती हैं और उनके द्ष्परिणाम भी बहत घातक होते हैं श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार फेक न्यूज से निपटने के लिए कृत संकल्प है इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने पत्र सुचना कार्यालय में तथ्यों की जांच के लिए फेक्ट चैक एकांश गठित किया है जो इस तरह की खबरों का तत्काल संज्ञान ले रहा है आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में आपको कोविड नाइन्टीन के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय से अवगत कराता है अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के स्नाय रोग विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर एम वी पदमा ने कहा कि कोविड नाइन्टीन संक्रमण से सुरक्षित रहने और इसका प्रसार रोकने के लिए लोगों को अपने घर में ही रहना चाहिए सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सक डा नितेश ने बताया कि देश में कोविड नाइन्टीन की जांच में लगातार तेजी आ रही है और हमारी स्थिति अन्य देशों की तुलना में कहीं बेहतर है आज हम बाकी देरों के मुकाबले काफी अच्छी स्थिति में हैं हमारी तैव कंपिसिटी भी बढ़ी है हम ज्यादा टेस्ट कर पा रहे हैं हमारे प्रेसेट्स भी हॉस्पिटल में इलाज पा रहे हैं गवमेंट के ढेटा ने बताया हमें कि तीन परसेंट मरीज को ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और एक परसेंट करीब मरीज वेटिलेटर पर हैं उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट आज तड़के खोल दिए गए कोविड नाइन्टीन की वजह से सामान्य पारंपरिक पूजा अर्चना के बाद भगवान बद्रीनाथ के मुख्य मंदिर के कपाट खोले गए कपाट खुलने के अवसर पर लोगों की उपस्थिति सीमित रही